वहींराज्य में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या दो सौ के पार हो गई है

भोपाल के म्ख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी स्धीर क्मार डेहरिया ने बताया है कि आज पॉजिटिव पाए गए सभी रोगी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं इस बीच जिला प्रशासन ने भोपाल में कल मध्यरात्रि से सख्ती से बंद करने की घोषणा की है जिसमें प्रत्येक परिवार के केवल एक व्यक्ति को मेडिकल स्टोर और द्रध की द्रकानों से खरीदारी करने की अन्मति दी गई है भोपाल में सड़कें स्नसान दिख रही हैं डेयरियों और मेडिकल स्टोरों को छोड़कर सभी द्कानें अगले आदेश तक बंद हैं म्ख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और चिकित्सा कर्मियों से बात की

उधर नई दिल्ली मरकज से लौट अशोकनगर जिले के व्यक्ति की कोरोना जांच रिपोर्ट निगेटिव आई हैं हालांकि अहतियातन जिले में सख्ती बरती जा रही है उधर असम से विदिशा जिले के सिरोंज जमात में आया एक य्वक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है फिलहाल य्वक का भोपाल में उपचार किया जा रहा है

नीमच में कलेक्टर ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने और काला बाजारी करने पर कई दुकानों पर कार्रवाई करते हुए लॉकडाउन खुलने तक उनका लाइसेंस निरस्त कर दिया है

कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच कछ अच्छी खबरें भी सामने आ रही हैं जबलप्र भोपाल और इंदौर में क्छ मरीजों के स्वस्थ होने के बाद शिवप्री में भी पहला संक्रमित व्यक्ति ठीक हो गया है आकाशवाणी से बातचीत में दीपक शर्मा ने बताया है कि लॉकडाउन का पालन कर ही कोरोना से बचा जा सकता है

आगरमालवा सीहोर ब्रहानप्र उमरिया जिले में भी लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है फुर्जी खबरें केंद्र सरकार ने कहा है कि सोशल मीडिया के एक वर्ग में ऐसी खबरें आ रही हैं जिसमें कोविड

सरकार ने ऐसी फर्जी खबरों का खंडन किया है सरकार ने कहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन में ऐसी कोई निर्धारित प्रक्रिया नहीं है अधिकारियों ने लोगों से ऐसी फर्जी जानकारी से सतर्क रहने का कहा है

पार्टी ने इस बार का स्थापना दिवस कोरोना संक्रमण से यूद्व लड रहे योद्वाओं को समर्पित किया है

आज भाजपा कार्यकर्ताओं को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये संबोधित करते हए उन्होंने कहा कि केन्द्र ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए एक के बाद एक फैसले लिये उन्होंने कहा कि इस महामारी से निपटने के लिए भारत के प्रयासों की दुनियाभर में तारीफ हो रही है

पार्टी प्रत्येक परिवार तक घर में बने हए कम से कम दो मास्क पहंचाने का अभियान भी चला रही है

जैन समुदाय के लिए महावीर जयंती सर्वाधिक श्भ अवसरों में से एक है जिसका धार्मिक जीवन में विशेष महत्व है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने महावीर जयंती के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर कहा कि भगवान महावीर की सत्य और अहिंसा की शिक्षा आज भी प्रासंगिक है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भगवान महावीर का जीवन सत्य अहिंसा और सादगी पर आधारित था और यह हमेशा लोगों के लिए प्रेरणा का विषय बना रहेगा प्रदेश में भी महावीर जयंती पारंपरिक हर्षोउल्लास के साथ मनाई जा रही है

खंडवा दमोह नरसिंहप्र सहित सभी जिलों में महावीर जंयती मनाई जा रही है